उन्होंने कहा कि चीन के साथ निरंतर वार्ता से पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी तट पर तनाव समाप्त करने पर सहमति बन गई है पूर्वी लद्दाख की वर्तमान स्थिति के बारे में कल लोकसभा में एक बयान में रक्षामंत्री ने कहा कि इस संबंध में हए समझौते में यह कहा गया है कि दोनों पक्ष चरणबद्ध और समन्वित तरीके से पीछे हटेंगे रक्षामंत्री ने बताया कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी के साथ क्छ अन्य जगहों पर तैनाती और गश्त के मामले में अभी भी क्छ म्द्दे लम्बित हैं उन्होंने यह भी कहा कि इन मुद्दों पर चीन के साथ आगे की चर्चा पर ध्यान दिया जायेगा उन्होंने कहा कि भारत की सम्प्रभूता पर कोई समझौता नहीं होगा रक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने चीन की ओर से एकतरफा कार्रवाई की च्नौतियों का जवाब दिया है और पैंगोंग त्सो के दक्षिण तथा उत्तर दोनों किनारों पर बड़ी बहाद्री और साहस का परिचय दिया है उन्होंने कहा कि कई सामरिक क्षेत्रों की पहचान की गई है और हमारे सैनिक भारत के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थानों पर तैनात हैं

बैठक के दौरान राज्यपाल ने राज्य के सभी शिक्षण संस्थान में एन सी सी की प्रसार प्रचार पर बल दिया उन्होंने कहा कि कैडेटों में लीडरशिप क्वालिटी राष्ट्रवाद की भावना निस्वार्थ सेवा के आदर्श अन्शान धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण और नैतिक चरित्र आदि ग्ण एन सी सी कैडेटों में विकसित करने में मदद करती है राज्यपाल ने राष्ट्रीय कैडेट कोर के महानिदेशक से अरुणाचल के एन सी सी अधिकारियों को राज्य के कैडेटों के लिए प्रशिक्षण के लिए ठोस प्रयास करवाने कर स्झाव दिया ताकि वे गनतंत्र दिवस में भाग लेने के लिए सक्षम और योग्य हो और भारतीय सैन्य बलों में शामिल हो सके

राज्यपाल ने आशा जताई कि बौद्ध सम्दाय का नव वर्ष राज्य में शांति और समृद्धि लेकर आएगा वहीं म्ख्य मंत्री पेमा खांडू ने अपने संदेश में कहा कि लोसार त्योहार ब्राई पर अच्छाई की जीत को दर्शाता है और इसे ब्री आत्माओं को दूर करने के लिए धार्मिक उत्साह के साथ मनाते हुए नव वर्ष को आशा और ख्शी के साथ स्वागत करते है

यह एकल मामला नामसाई से रिकॉर्ड किया गया इसके साथ राज्य में कोविड की क्ल सोलह हजार आठ सौ बत्तीस मामले हो गए है अभी तक सोलह हजार सात सौ इकहत्तर कोविड पॉजिटिव मरीज ठिक हो च्के और राज्य में स्वस्थ होने की दर निन्यानवे दशमलव छह तीन प्रतिशत है

जो कल समाप्त हुआ सुदुर इलाकों में ब्नियादी स्वास्थ्य स्विधा म्हैय्या कराना इस चिकित्सा शिविर का उद्देश्य था ताफलोहागाम चागलोहागाम चिपड़ा होयिलियांग गोईलियांग मेटेनलियांग ख्पा और अंजाव जिले के हाय्लियांग गाँव के एक सौ पचास स्थानीय लोगों और ब्र्ज्गो की आँखों और ईएनटी के विशेष चिकित्सा उपचार प्रदान करने के साथ साथ ब्नियादी चिकित्सा परामर्श भी प्रदान किया गया हाय्लियांग के आसपास के स्थानीय लोगों और नागरिक प्रशासन ने चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भारतीय सेना की प्रशांसा की

कई भारतीय इस स्वदेशी ऐप से ज्ड़ गए हैं यह ऐप आत्मनिर्भर भारत ऐप नवाचार च्नौती का विजेता भी है कू ऐप अंग्रेजी के साथ साथ कई भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है ऐप में चार सौ अक्षरों की शब्द सीमा है और इसमें व्हाट्सएप तथा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपडेट सांझा करने की स्विधा भी है

इस मिशन की घोषणा आत्म निर्भर भारत अभियान के तहत की गई थी